उन्होंने कहा कि इन फैसलों से सवा सौ करोड़ नागरिकों विशेषकर निम्न और मध्य आय वर्ग वाले परिवारों व्यापारियों और दस्तकारों को लाम होगा वित्त मंत्री ने कहा कि इन फैसलों का राजस्व संग्रह पर मामूली असर पड़ेगा उन्होंने यह भी कहा कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा मिशन आयुष्मान भारत के तहत प्रीमियम जी एस टी से मुक्त कर दिया गया है वित्त मंत्री ने कहा कि कर सरलीकरण सरकार की प्राथमिकता है सरकार ट्रांसपोर्टरों के लिए जल्दी ही रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन आर एफआईडी टैग वस्तु और सेवाकर नेटवर्क से जोड़ेगी जिससे टोल प्लाजा पर उनकी परेशानी कम होगी जीएसटी परिषद ने नए रिटर्न प्रारूप और कानून में संबंधित बदलावों को भी मंजूरी दी है वित्त मंत्री ने बताया कि वस्तु और सेवा कर परिषद की विशेष बैठक अगले महीने की चार तारीख को दिल्ली में होगी इसमें सुक्ष्म लघ और मध्यम उद्यम क्षेत्र पर ध्यान दिया जाएगा इस बीच मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने जीएसटी में राहत देने संबंधी राज्य सरकार की विभिन्न मांगों को स्वीकार करने के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और केन्द्रीय वित्त मंत्री पीयूष गोयल का आभार व्यक्त किया है उन्होंने कोटा स्टोन को पांच प्रतिशत जीएसटी के दायरे में रखने को अच्छा कदम बताया है

इस कार्यक्रम के लिए श्रोता नरेन्द्र मोदी एप और माई जीओवी ओपन फोरम पर अपने विचार और सुझाव भेज सकते हैं

बीकानेर की पुलिस निरीक्षक कमला प्रनिया को केन्द्रीय गृह मंत्रालय ने सम्मानित किया है दिल्ली में चल रहे स्टूडेंट पुलिस कैडेट प्रोग्राम के तहत गृह मंत्री राजस्थान सिंह ने उन्हें अति उतम सेवा चिन्ह देकर सम्मानित किया आल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट के आहवान पर हनुमानगढ़ ट्रक ऑपरेटर्स यूनियन की ओर से अनिश्चितकालीन चक्काजाम आज तीसरे दिन भी जारी है ट्रक यूनियनों की हड़ताल का असर अभी बाजार में नजर नहीं आया है लेकिन प्रशासन की ओर से व्यवस्था बनाए रखने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं कलेक्टर कार्यालय की ओर से पेट्रोल पंप संचालकों को डेड स्टॉक के अलावा दो दो हजार लीटर पेट्रोल व डीजल का अतिरिक्त स्टॉक रखने के निर्देश दिए गए हैं

बीकानेर में कल आधी रात के बाद से शुरू हुई बरसात अभी भी जारी है बारिश की वजह से श्रीकोलायत क्षेत्र के कई गांव जलमग्न हो गए है

सवाईमाधोपुर में भी कल जमकर बरसात हुई राजधानी जयप्र में भी शाम के बाद बरसात का सिलसिला जारी रहा भीलवाड़ा से हमारे संवाददाता ने बताया कि अधिकांश स्थानों पर बरसात होने से तालाबों में पानी की आवक बनी हुई है